विपक्षी दलों ने निर्वाचन आयोग पर चुनाव के दौरान ईवीएम की शिकायतों को दूर करने के लिए पर्याप्त कदम नही उठाने का आरोप लगाया

लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार चरम पर है विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता देशभर में रैलियां कर रहे हैं

विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि निर्वाचन आयोग चुनाव के दौरान ईवीएम के ठीक से काम नहीं करने की शिकायत को दूर करने के लिए पर्याप्त कदम नही उठा रहा है नई दिल्ली में एक संयुक्त सम्मेलन में आध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने मांग की कि वीवीपैट की पचास प्रतिशत पर्चियों की गणना की जानी चाहिए कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईवीएम की कथित गडबडियों के बारे में विपक्षी दल उच्चतम न्यायालय जायेंगे और इस पर राष्ट्रव्यापी अभियान चलायेंगे इस बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा ने कहा कि विपक्षी गठबंधन का न तो कोई गवर्नेस का एजेंडा है और न ही उनका नेतृत्व ऐसा है जो लोगों को प्रेरित कर सके प्रदेश में सभी राजनैतिक दलों ने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार तेज कर दिया है

सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में एक जनसभा को संबोधित करते हुये श्री गहलोत ने अपनी सरकार की उपलब्धियां बताते हुये प्रत्याशी के लिये वोट मांगे

उदयपुर में नरेन्द्र मोदी की सभा की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे श्री जावड़ेकर ने कहा कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव में गलती से कांग्रेस काबिज हो गई थी लेकिन केन्द्र में जनता भाजपा को बहमत देगी

इनमें से मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही माना जा रहा है हमारे संवाददाता ने बताया कि भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पुत्र दृष्यंत सिंह को फिर से टिकिट दिया है

प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिये आज भी कई प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे इनमें करौली धौलपुर सीट के लिये कांग्रेस के प्रत्याशी संजय जाटव अपना पर्चा दाखिल करेंगे वहीं भरतप्र लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अभिजीत जाटव और भाजपा की उम्मीदवार रंजीता कोली अपना नामांकन पत्र भरेंगी जयपुर शहर से भाजपा प्रत्याशी रामचरण बोहरा और जयपुर ग्रामीण से कांग्रेस प्रत्याशी कृष्णा प्रनिया भी आज नामजदगी का पर्चा दाखिल करेंगे भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की दौसा संसदीय सीट पर पूर्व केन्द्रीय मंत्री जसकौर मीणा को अपना प्रत्याशी बनाया है

जबकि नागौर संसदीय सीट पर भाजपा ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ गठबंधन किया है

कांग्रेस ने विधायक मुरारीलाल मीणा की पत्नी सविता मीणा को दौसा से अपना प्रत्याशी बनाया है भाजपा के जसकौर मीणा को चुनाव मैदान में उतार देने से अब भाजपा की तीन महिला प्रत्याशी चुनाव मैदान हैं जिनमें जसकौर के अलावा राजसमंद से पूर्व विधायक दीया कुमारी तथा भरतपुर से पूर्व सांसद गंगाराम कोली की बहू रंजीता कोली शामिल है जबकि कांग्रेस ने इस बार चार महिलाओं को चुनाव मैदान में उतारा है इनमें सविता मीणा के अलावा नागौर से पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा जयपुर ग्रामीण से विधायक कृष्णा पूनियां तथा जयपुर से ज्योति खंडेलवाल शामिल है जयपुर में पुलिस ने आईपीएल के क्रिकेट मैचों पर सट्टा लगाने के आरोप में दस लोगों को गिरफ्तार किया है

पुलिस ने बताया कि आरोपी के अपराधिक रिकॉर्ड के बारे में पता लगाया जा रहा है चुरू जिले में पिछले वर्ष बहुचर्चित अजय जैतपुरा हत्याकांड मामले में जेल में बंद आरोपी को कल कुछ कैदियों ने हमला कर घायले कर दिया उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है गौरतलब है कि है कि एक पखवाड़े में चूरु जेल में झगड़े की यह दूसरी घटना है निरीक्षण के दौरान दो बार जेल में मोबाइल भी बरामद हो चुके हैं

पूरे प्रदेश में तेज गर्मी का असर शुरू हो गया है

तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण दोपहर में सड़कें और बाजार सूने नजर आने लगे हैं

बांसवाडा में अब से कुछ ही देर पहले मौसम अचानक बदल गया और बादल छाने के साथ ही हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है